राज्य विधानसभा ने लोकसभा और विधानसभाओं में एससीएसटी आरक्षण को और दस साल बढ़ाने वाले विधेयक का अनुमोदन किया

गायिका सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को दिया जायेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान

आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्ष में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने बताया कि देश में अनुकूल स्थिति ना होने के बारे में विभिन्न देशों से पर्यटन परामर्श जारी होने और कुछ गुटों द्वारा देश में स्थिति खराब होने के प्रयास किए जाने के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई उन्होंने यह भी बताया कि पर्टयन मंत्रालय विशेष महत्व के स्थानों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दे रहा है

विधि एवं विधायी कार्यमंत्री पीसी शर्मा ने इसका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जिसको अनुमोदन किया गया अब इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा इससे पहले भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में ओला वृष्टि और समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान का भुगतान समय पर ना होने के अलावा अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों का मामला भी सदन में उठाया मुख्यमंत्री कमलनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने संबंधित मामलों पर सरकार का पक्ष रखते हुऐ बताया कि जरूरी कदम उठाये जा रहे है विधानसभा का दो दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है

भोपाल में आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय देने वाला बताते हुए कहा कि संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों की सीमाएँ हो सकती हैं लेकिन न्याय की कोई सीमा नहीं है अधिवक्ता परिषद चुनाव अधिवक्ताओं की राज्यस्तरीय संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए आज प्रदेष के सभी जिलों के न्यायालयीन परिसरों में मतदान हुआ

उमरिया अनूपपुर देवास बड़वानी भिंड ग्वालियर जबलपुर सहित विभिन्न जिलो से मतदान की खबर मिली है

यह कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा

भोपाल की छात्रा सुकृति चक्रवर्ती ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से मिलने का बेताबी से इंतजार कर रही हैं

रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में भी सायकल रैली निकाली जायेगी होशंगाबाद बड़वानी निवाड़ी शिवपुरी और छतरपुर में भी सायकल रैली निकाली जायेगी

सप्ताह के दौरान हुई रैली वाद विवाद चित्रकला और प्रष्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हेलमेट पहने वाहन चालकों का यातायात पुलिस द्वारा मिठाई खिलाकर गुलाब के फूल भेंट किये गये सतना नरसिंहपुर खंडवा मंडला सीहोर देवास सहित विभिन्न जिलों में यातायात सप्ताह के अंतिम दिन कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

इंदौर में अगले महीने होने वाले समारोह में दोनों विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा यह सम्मान संगीत निर्देशन और गायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है मुम्बई में हुई चयन समिति की बैठक में सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात एकत्र होकर विरोध कर रहे प्रदर्षनकारियों से पुलिस का विवाद हो गया था पुलिस को उन्हें हटाने के लिए बल प्रदर्षन करना पड़ा इसके बाद आज दिनभर ऐहतियातन पुलिस बल तैनात रहा मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में आज मौसम खुला हुआ है शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है उधर उमरिया जिले में सुबह से ही रूक रूककर बारिश हो रही है

न्यूनतम तापमानों में सभी जिलों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ मौसम केंद्र के अनुसार आज ग्वालियर चंबल सागर संभागों तथा रीवा सतना छिंदवाडा और सिवनी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कल आगरमालवा में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी

हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है